यह बजट कोविड से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था के विकास में आवश्यक प्रोत्साहन देगा श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सरकर के सुधारों से भारतीय अर्थव्यवस्था आने वाले दिनों में विश्व की बडी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होगी लोकसभा में कल आम बजट पर चर्चा का जवाब देते हए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने च्नौतियों को अवसर में बदलने का काम किया और अर्थव्यवस्था के दीर्घ अवधि विकास के लिए कई कदम उठाए श्रीमती सीतारामन ने विपक्षी पार्टियों के उस आरोप का खंडन किया जिसमें कहा गया है कि सरकार ने इस बजट में विभिन्न योजनाओं के प्रावधानों में कटौती की है उन्होंने कहा कि बजट में किये गये प्रावधानों को गलत समझा गया है

इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत म्ख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र मेघालय के म्ख्यमंत्री कोनराड संगमा केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू सेना के कई अधिकारी और बॉब खाथिंग के परिवार के सदस्य मौजूद थे ऐसा माना जाता है कि मेजर खाथिंग ने ही वर्ष उन्नीस सौ इक्यावन में तवांग में भारतीय ध्वज को फहराया था राज्य सरकार ने उन्हें अरुणाचल रत्न से सम्मानित किया था अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री पेमा खाण्ड्र ने कहा कि चीन से खतरे के बावजूद मेजर खाथिंग ने तवांग क्षेत्र में भारत का नियंत्रन स्थापित किया था जिसे म्ख्यरुप से तवांग के लोग आज भी याद करते है म्ख्यमंत्री ने कहा कि तवांग में सच्चे हीरो बॉब खाथिंग के मेमोरियल की स्थापना से पूरे देश के लोगों को उनके महत्वपूर्ण योगदान को जानने का अवसर मिलेगा मेजर खाथिंग का जन्म मणिप्र के उखरुल में वर्ष उन्नीस सौ बारह में हुआ था और वे दूसरे विश्व यूदध के समय में ब्रिटिश सेना में कार्यरत थे उनकी बहादुरी के चलते उन्हें क्रॉस और मेंम्बर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर के खिताब से सम्मानित किया गया

राज्यपाल ने परंपरागत तरीके से पेपर बनाने की तकनीक के संरक्षण के लिए स्थानीय लोगों की सराहना की गौरतलब है कि पिछले महीने मन की बात कार्यक्रम में प्रधाणमंत्री नरेंद्र मोदी ने तवांग के इको फ्रेंड्ली मोन श्ग् पेपर की चर्चा की थी

वही लोअर दिबांग वैली के एक मरीज कल स्वास्थ्य हो गए इसके साथ ही राज्य में सोलह हजार सात सौ बहत्तर मरीज अब तक स्वस्थ हो च्के है राज्य में स्वास्थ्य होने की दर निन्यानबे दशमलव छह चार प्रतिशत है वर्तमान में वेस्ट सियांग वेस्ट कामेंग नामसाई और लोहित जिले के एक एक मरीज संक्रमित है

सड़क काटने के कार्य में सुगमता और यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर निगमोइ से पांगिन ट्राई जंक्शन स्बह के छ बजे से नौ बजे तक और दोपहर दो बजे से छह बजे तक यातायात के लिए खुला रहेगा और सुबह नौ बजे से दो बजे तक और शाम के छह बजे से अगले सुबह के छह बजे तक बंद रहेंगे

ट्रिम्स में जीरो टू कॉलेजियन्स कोअर्डिनेशन कमेटी ईटानगर दवारा आयोजित रक्तदान शिविर में करीब तीस य्वाओं ने हिस्सा लिया जबकि पासीघाट में अयांग द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में य्वाओं ने हिस्सा लेकर बह्मूल्य मानव जीवन की रक्षा में योगदान दिया

मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल से सभी यात्री रेल सेवाओं को फिर से शुरू करने के बारे में मीडिया में कई तरह की गलत खबरें आ रही हैं मंत्रालय के अन्सार रेलवे श्रेणीबद्व तरीके से रेल सेवाओं की संख्या बढ़ा रहा है